तीसरा चरण मतदान लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया इसके बाद से उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल के नेता अब सिर्फ घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं चुनाव प्रचार थमने के पहले आज राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों ने विभिन्न स्थानों पर ध्आंधार सभाएं और रैली कर प्रचार किया इस चरण में तेरह राज्यों और दो केन्द्रशासित प्रदेशों के एक सौ सोलह संसदीय क्षेत्रों में तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे इनमें छत्तीसगढ़ के सात लोकसभा क्षेत्र रायपुर बिलासपुर दुर्ग कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ और सरगुजा शामिल हैं प्रदेश की जिन सात सीटों में तीसरे चरण में मतदान होना है वहां दो सीटें अनुसूचित जनजाति और एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं इन सात लोकसभा सीटों पर कुल एक सौ तेईस उम्मीदवार चूनाव मैदान में हैं इनमें रायपूर और बिलासपूर संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक पच्चीस पच्चीस उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहीं सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम दस उम्मीदवार हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि तीसरे चरण में स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं तेईस अप्रैल को होने वाले चुनाव में कुल एक करोड़ सत्ताईस लाख तेरह हजार आठ सौ सोलह मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इनमें चौंसठ लाख सोलह हजार दो सौ बावन पुरूष बासठ लाख छियानवे हजार नौ सौ बयानवे महिला और पांच सौ बहत्तर तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं मतदान के लिए इन संसदीय क्षेत्रों में पंद्रह हजार चार सौ आठ मतदान केन्द्र बनाए गए हैं मतदान दल तैयारी प्रदेश में तीसरे और अंतिम चरण के लिए तेईस अप्रैल को होने वाले मतदान की प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं मतदान दलों को मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जा रहा है राजधानी रायपुर में भी मतदान दलों को रवाना करने के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक सभी मतदान दलों पर सी टॉप्स एप्लीकेशन के माध्यम से नजर रखी जाएगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस अधीक्षक इस ऐप के जरिए मतदान दलों की पल पल की गतिविधियों की जानकारी ले सकेंगे इस ऐप में मतदान दल का रूट चार्ट भी दर्ज होगा सी टॉप्स के माध्यम से मतदान केंद्र में हो रहे मतदान और वहाँ पर मतदाताओं की लगी कतार की भी जानकारी मिल सकेगी मीडिया प्रमाणन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव के एक दिन पहले अथवा चुनाव के दिन मीडिया में प्रसारित अथवा प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को पहले मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणन कराना जरूरी होगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोकसभा निर्वाचन के लिए पहले चरण का मतदान शुरू होने के अड़तालीस घंटे पहले से लेकर सभी राज्यों में मतदान समाप्ति के आधा घंटे बाद तक मीडिया द्वारा एक्जिट पोल और इसके परिणाम का प्रकाशन प्रसारण प्रतिबंधित किया गया है इसके अलावा इस अवधि में किसी भी प्रकार के जनमत सर्वेक्षण की रिपोर्ट का प्रकाशन अथवा प्रसारण भी प्रतिबंधित रहेगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में तेईस अप्रैल को मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए रायपुर जिले में मोर रायपुर वोट रायपुर अभियान चलाया जा रहा है जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ बसवराजु एस ने मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महा त्यौहार में शामिल होने के लिए पाती भेजी है वहीं जांजगीर चांपा के जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज बंसोड़ ने भी मतदाताओं को नेवता भेजकर तेईस अप्रैल को मतदान करने की अपील की है निगरानी दल जब्त लोकसभा निर्वाचन के तहत सघन जांच अभियान के दौरान प्रदेश में अब तक छह करोड़ चौहत्तर लाख रूपए से अधिक की नगद धनराशि और वस्तुएं बरामद की गई हैं इनमें पांच करोड़ छियासठ लाख रूपए से अधिक की नकद राशि शामिल हैं वहीं निगरानी दलों ने आदर्श आचार संहिता के दौरान लगभग साढ़े छह हजार लीटर अवैध शराब जब्त की है इसके अलावा अवैध लैपटाप साड़ी प्रेशर क्कर और आभूषण भी जब्त किए गए हैं जिनकी कीमत लगभग अस्सी लाख रूपए है

पुलिस अधीक्षक ंगोवर्धन ठाकुर ने बताया कि ग्रे हाउंड और बीजपुर पुलिस की संयुक्त टीम पामेड़ थाना क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान घात लगाए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए बाद में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से हथियार समेत दो माओवादियों के शव बरामद किए इसी जिले में एक लाख के इनामी माओवादी समेत पन्द्रह माओवादियों ने तीन भरमार बंद्रक के साथ आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया आत्मसमर्पित माओवादियों में नौ पुरूष और छह महिला माओवादी शामिल हैं वहीं दंतवोड़ा जिले में अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत समेली अरनपुर मार्ग पर माओवादियों ने पेड़ काटकर मार्ग को अवरूद्व कर दिया था पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि माडेदा पुल के नीचे माओवादियों ने पांच किलो का आईईडी लगा रखा था जिसे जवानों ने निष्क्रिय कर दिया द्र्ग हादसा दुर्ग जिले के जेवरा धमधा मार्ग पर ग्राम समोदा में स्थित एक राईस मिल का स्ट्रेक्चर गिरने से मलबे में तीन मजदूरों के दबे होने के समाचार मिले हैं यह हादसा करीब ग्यारह बजे का बताया जा रहा है घटना के बाद बचाव और राहत कार्य जारी है समाचार लिखे जाने तक मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए पुलिस बल और राहत दल की टीम लगी हई है राष्ट्रीय लोक अदालत प्रदेश के तहसील और जिला न्यायालयों में आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा कर लोगों को शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया इन न्यायालयों में लंबित करीब चार हजार से अधिक मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया था इनमें से एक हजार तीन सौ बयासी प्रकरणों का निराकरण करते हुए लगभग बाईस करोड़ रूपए की समझौता राशि का अवार्ड पारित किया गया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष प्रशांत मिश्रा ने जिला न्यायालय बिलासपुर में आयोजित लोक अदालत के दौरान निरीक्षण किया इंद्रावती संरक्षण रैली बस्तर में इंद्रावती नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने आज जगलदपुर के सीरासार चौक से इंद्रावती जोरानाल संगम तक मोटर सायकिल रैली निकाली लोगों ने बताया कि उड़ीसा में इन्द्रावती नदी पर बांध बनाए जाने और नदी का प्रवाह जोरा नाला की तरफ अधिक होने के कारण इंद्रावती नदी का जलप्रवाह काफी कम हो गया है इसके चलते बस्तर के प्रसिद्व चित्रकोट जलप्रपात में पानी की मात्रा भी कम हो गई है इस बीच प्रशासन द्वारा चोंड़ीघाट पर बनाए गए एनीकट को खोल दिया गया है जिससे चित्रकोट जलप्रपात में जलप्रवाह क्छ बढ़ा है गौरतलब है कि कल विभिन्न संगठनों ने जगदलपुर स्थित पुराने पुल के समीप नदी के भीतर पानी में मौजूद रहकर सांकेतिक जल सत्याग्रह का आयोजन भी किया था बातों बातों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू आज आकाशवाणी रायपुर के समाचार एकांश द्वारा प्रसारित किए जाने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया और बूथों में मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देंगे इस भेंट वार्ता का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे किया जाएगा प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ इस कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे

दुनिया भर में यह त्योहार ईसा मसीह को सलीब पर लटकाये जाने के तीन दिन बाद उनके पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है प्रदेश में भी ईसाई समुदाय के लोग आज गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना संगीत और मोमबत्तियां जलाकर ईस्टर का पर्व मना रहे हैं गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईस्टर की बधाई दी है मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और ब्रंदाबांदी होने के समाचार मिले हैं मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी हैं वहीं अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई है प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस द्र्ग में दर्ज किया गया संक्षिप्त समाचार कोरिया जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है बिलासपुर जिले में मतदान दल ड्यूटी के लिए आयोजित प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर चार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है